इस वर्ष जुलाई से मिलेगा सत्रह प्रतिशत डीए

केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है इस फैसले के बाद मौजूदा महंगाई भत्ता बारह प्रतिशत से बढ़कर सत्रह प्रतिशत हो जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कुछ बुद्धिजीवियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चलाये जाने के लिए मोदी सरकार और भाजपा को दोषी ठहराने को निहित स्वार्थों द्वारा किया जा रहा दुष्प्रचार बताया है केन्द्र सरकार का बचाव करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि बिहार के एक न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कराया गया और भाजपा या उससे जुड़े किसी संगठन की इसमें कोई भूमिका नहीं थी मुजफ्फरपुर जिले में अपर्णा सेन अदूर गोपाल कृष्णन और रामचन्द्र गुहा समेत उनचास बुद्धिजीवियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई गयी थी इन लोगों ने देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं के संदर्भ में प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखा था जिसके बाद कथित राष्ट्रद्रोह का ये मामला दर्ज किया गया बिहार में राज्यसभा की खाली हुई एक सीट के लिये उप चुनाव में एनडीए से भाजपा के सतीश चंद्र दूबे निर्विरोध चुन लिये गये हैं उनके खिलाफ विपक्ष ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया था राज्यसभा की यह सीट वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के निधन के बाद रिक्त हुई थी वे राजद के कोटे से सांसद थे सतीश चंद्र दूबे वाल्मिकीनगर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में यह सीट जदयू के खाते में चली गयी थी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में डेंगू और चिकुनगुनिया के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है प्रदेश के अलग अलग जिलों में डेंग् के लगभग डेढ़ हजार मामले सामने आये हैं पटना के पीएमसीएच में अब तक एक हजार से अधिक लोगों में डेंग् की पुष्टि हो चुकी है नब्बे मरीजों में चिकुनगुनिया की पुष्टि हुई है निजी अस्पतालों में भी डेंगू पीड़ितों का इलाज हो रहा है गया भागलपुर औरंगाबाद पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सारण सीवान और मधेपुरा में भी डेंगू के कई नये मामले प्रकाश में आये हैं इधर केन्द्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज पीएमसीएच का दौरा कर डेंगू मरीजों का हालचाल जाना बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि डेंगू से बचाव के हरसंभव उपाय किये जा रहे हैं जल जमाव वाले इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर और एंटी लार्वा के छिड़काव के साथ ही फॉगिंग भी करवायी जा रही है उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज के लिये हर जरूरी संसाधन अस्पतालों में उपलब्ध हैं इस बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य टीम द्वारा सर्वे के दौरान घरों में डेंगू के मच्छर पाये गये हैं उन्होंने लोगों से घर के अंदर मच्छर नाशक दवाओं का छिड़काव करने की अपील की है श्री कुमार ने कहा कि सरकार अपने स्तर से डेंगू से निपटने के उपाय कर रही है उन्होंने बताया कि पटना के पीएमसीएच और एनएमसीएच में कल से बारह अक्टूबर तक तीन दिवसीय डेंगू जांच शिविर का आयोजन किया गया है इस शिविर में मरीजों की निःशुल्क जांच की जायेगी साथ ही जल जमाव वाले क्षेत्रों में पटना एम्स के पचास डॉक्टरों की ग्यारह टीमों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें लगातार कैंप कर रही हैं उन्होंने दावा किया कि पटना के सभी ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है स्वास्थ्य सचिव ने पटना में महामारी की आशंका के खतरे को भी प्री तरह निराधार बताया पटना के कई क्षेत्रों में अब भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है पिछले तेरह दिनों से दानापुर गोला रोड राजेन्द्र नगर बाजार समिति और खेमनीचक के कई हिस्सों में भीषण जल जमाव है कई घरों के निचले तल में पानी भरा हुआ है गोला रोड में वार्ड संख्या सैंतीस चौवालीस और आसपास के इलाकों में तीन से चार फूट पानी लगे होने के कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं इधर जल निकासी की मांग को लेकर खेमनीचक के निवासियों ने पटना बाईपास को जाम कर प्रदर्शन किया दानापूर और गोला रोड में भी लोग तत्काल पानी निकासी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन ने बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिये मुख्यमंत्री राहत कोष में इक्यावन लाख रूपये का अंशदान किया है श्री बच्चन के विशेष प्रतिनिधि विजय नाथ मिश्र ने इस राशि का चेक उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को सौंपा श्री मोदी ने अमिताभ बच्चन द्वारा दी गयी सहायता के लिये उन्हें धन्यवाद दिया है प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में लगातार गिरावट आने से बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भोजपुर बक्सर जहानाबाद अरवल लखीसराय और नालंदा जिले में अब बाढ़ की स्थिति नहीं रह गयी है वर्तमान में नौ जिलों के संतावन प्रखंडों के एक हजार उनहत्तर गांव की लगभग बीस लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है इन क्षेत्रों में पंद्रह राहत शिविर और चार सौ तैंतीस सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पंद्रह टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक कम से कम संतानवे लोगों की मौत हुई है इस बीच मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने आज कटिहार जिले के अलग अलग प्रखंडों में चल रहे राहत शिविरों का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद सर्वे कराकर लोगों को नियमानुसार मुआवजा दिया जायेगा गंगा पुनपुन बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है गंगा नदी अब सिर्फ पटना के हाथीदह और भागलपुर के कहलगांव में लाल निशान से ऊपर है वहीं पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से मात्र दस सेंटीमीटर ऊपर रह गया है ब्रूढ़ी गंडक खगड़िया में लाल निशान से तिरपन सेंटीमीटर ऊपर बह रही है वहीं कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बनी हुई है अन्य सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे है प्रदेश के पांच विधानसभा सीटों और समस्तीपूर लोकसभा सीट के लिये इक्कीस अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिये राजद ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है सूची में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और शरद यादव समेत चालीस नेता शामिल हैं बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने ड्यूटी से गायब रहने पर श्रम अधीक्षक जिला कृषि पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला सहायक शिक्षा पदाधिकारी के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है सभी पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है वहीं शेखपुरा जिले में जिलाधिकारी ने दुर्गापूजा के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर आठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है सुपौल जिले के छातापूर थानाध्यक्ष राघव शरण द्वारा कथित रूप से महिलाओं के साथ मारपीट किये जाने के बाद आक्रोशित लोगों ने उनकी पिटायी कर दी इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सद्रल्हपूर गांव में शराब के नशे में फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को लाईसेंसी रायफल और पंद्रह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र स्थित बरमसिया मोहल्ले से पूलिस ने छह सौ लीटर शराब जब्त की है इधर अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र से एसएसबी के जवानों ने एक सौ पचास बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है

इस वर्ष जुलाई से मिलेगा सत्रह प्रतिशत डीए